ये मुलाकात एक ऐसे समय में हई है जब देश के चार प्रमुख महानगरों में ईंधन के मुल्य लगातार बढ रहे हैं दनिया भर में खनिज तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की वजह से परिवहन के काम आने वाले ईंधन के दाम बढ़ते जा रहे हैं इस महीने के शुरू में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने तेल के मूल्यों में आबकारी शुल्क में एक रूपये पचास पैसे प्रति लीटर की कटौती का ऐलान किया था इसके साथ ही तेल की बिक्री करने वाली सरकारी कंपनियों ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक रूपये प्रति लीटर की कमी की पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने बैठक में भाग लिया उपराष्ट्रपति वेंकैया नायड् ने आज कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है और सभी देशों को इस वैश्विक खतरे से निपटने के लिए मिलकर लड़ने की जरूरत है

नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में विश्व को सरक्षित बनाने और शांति कायम करने में भारत के दृष्टिकोण पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही उपराष्ट्रपति ने कहा कि उग्रवाद आतंकवाद साम्प्रदायिकता महिलाओं के प्रति हिंसा और हिंसक व्यवहार के किसी भी स्वरूप के खिलाफ ढोस कदम उठाने की जरूरत है लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित उत्तर प्रदेश गुजरात एकता संवाद को सम्बोधित करते हुये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के लोग गृजरात के विकास में योगदान दे रहे हैं साथ ही पूरे सम्मान और सुरक्षा के साथ वहा जीवन यापन कर रहे हैं उन्होंने कहा कि गुजरात का विकास मॉडल देश के लिये प्रेरणा का स्रोत है कई राज्यों ने गुजरात के विकास मॉडल को अपनाया है मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो दशक में गूजरात ने विकास की राह में तेजी से कदम बढ़ाया है इस अवसर पर गूजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपांणी ने कहा कि उत्तर प्रदेश से गुजरात के लोगों का गहरा लगाव है उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास में गुजरात की ओर से यथासम्भव सहयोग का आश्वासन भी दिया कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर ए पी जे अब्दल कलाम की जयंती पर उन्हें याद कर रहा है उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम एक असाधारण गुरू अदभृत प्रेरक और प्रसिद्व वैज्ञानिक थे गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि डॉक्टर कलाम एक स्वप्नदर्शी वैज्ञानिक और लोकप्रिय राष्ट्रपति थे सुचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि डॉक्टर कलाम एक प्रख्यात वैज्ञानिक के साथ साथ एक स्वप्नदृष्टा नेता थे शारदीय नवरात्र के छठें दिन प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों और मंदिरों में श्रद्वालु माँ दुर्गा के छठें स्वरूप माँ कात्यायनी माता का दर्शन पूजन कर रहे हैं विस्यावल धाम में माँ दिन्यवासिनी और बलरामपर जिले के देवीपाटन शक्तिपीठ में लोगों का तांता लगा हुआ है मिर्जापर के विन्ध्यांचल धाम का माहौल श्रद्वाल्ओं के जयकारों से भक्तिमय बना हुआ है अब तक भारी संख्या में श्रद्वाल मॉ विन्ध्यवासिनी देवी की पूजा अर्चना कर चुके हैं सीतापुर के नैमिषारण्य में भी माँ ललिता देवी के दर्शन के लिए भारी भीड उमडी है पौराणिक और अध्यात्मिक महत्व की इस शक्तिपीठ में नेपाल भूटान बांग्लादेश और श्रीलंका से भी श्रद्वाल आते हैं सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित मॉ शाक्मरी देवी मंदिर पर भी श्रद्वालुओं की भीड़ है वाराणसी के दर्गाक्ड में मां के दर्शन और पूजन का कम जारी है गोरखपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित मां तरकलहा देवी मंदिर बुढ़िया माई मंदिर नई बाजार स्थित बंजारी देवी मंदिर नेकवार के काली माता मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है और लोग श्रद्वामाव से दर्शन में लीन हैं महराजगंज जिले के आद्रवन में लेहड़ा देवी मंदिर में ब्रह्मुहूर्त से ही श्रद्वालुओं ने पूजा अर्चना शुरू कर दिया है आगरा जिले के फतेहाबाद क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आज हयी एक सड़क द्र्घटना में चार लोगों की मौत हो गयी जबकि दो महिलाओं सहित पांच लोग गम्मीर रूप से घायल हो गये दुर्घटना के शिकार लोग दिल्ली से एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अपनी कार से गांव लौट रहे थे कि एक तेज रफ्तार वाहन ने उनकी कार को टक्कर मार दी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है